मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विधानसभा चुनाव को लेकर सुव्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया की समीक्षा की चुनाव आयोग की उड़नदस्ता टीम ने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के दशरंगपुर चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान दो करोड़ छियासठ लाख रूपए बरामद किए

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रेसवार्ता छत्तीसगढ़ में जिन बहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के तहत चुनाव हो रहे हैं वहां आज नाम वापसी के अंतिम दिन के बाद एक हजार एक सौ अड़तालीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में बचे हैं हालांकि सरायपाली सहित चार स्थानों पर कृछ मामलों के विवादास्पद होने के कारण उन पर निर्णय लंबित है इसलिए इस संख्या में परिवर्तन हो सकता है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साह ने आज शाम रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद बारह सौ उनचास उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए थे इनमें से एक सौ एक उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए इसके बाद इन बहत्तर सीटों पर अब ग्यारह सौ अड़तालीस उम्मीदवार बचे हैं गौरतलब है कि पहले चरण की अटठारह सीटों के लिए कुल एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं इस तरह प्रदेश की सभी नब्बे सीटों पर एक हजार तीन सौ अड़तीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश में प्रथम चरण का बारह और दूसरे चरण में बीस नवंबर को मतदान होगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि माओवाद प्रभावित और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में शातिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की छह सौ पचास कंपनियां तैनात की गई हैं कुछ द्र्गम और माओवाद प्रभावित इलाकों में स्थित मतदान केन्द्रों में मतदान दलों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी लगाएं जाएंगे साथ ही एयर एम्ब्लेंस की भी व्यवस्था की जा रही है श्री साह ने बताया कि दोनों चरणों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए करीब पंचानवे हजार मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कान्फ्रेंसिंग भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुव्यवस्थित निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा की श्री रावत ने चुनाव में आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत पालन और निर्वाचन प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्यों से आपसी समन्वय बनाकर सीमावर्ती क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी रखने के भी निर्देश दिए इस दौरान मुख्य सचिव अजय सिंह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू और पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय ने श्री रावत को राज्य में शांति पूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी

जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच की जा रही है मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेशव्यापी सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहत दशरंगपुर में बने चेके पोस्ट में नियमित जांच के दौरान दो वाहनों से करोड़ों की रकम बरामद की गई एक कार से पचहत्तर लाख और दूसरी कार से एक करोड़ इंक्यानवे लाख रूपए की नगद राशि मिली पकड़ी गई रकम को संदिग्धों के द्वारा बैंक की गाड़ी से ले जाया जा रहा था जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार शरण ने आयकर की टीम को चैक पोस्ट के लिए रवाना कर दिया है विभागीय अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद यह अब तक की सबसे बडी कार्रवाई है प्रचार सामग्री जुब्त कोंडागांव जिले में केशकाल चेक पोस्ट की उड़नदस्ता टीम ने प्रचार सामग्रियों से भरे एक ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की है ट्रक में बड़ी मात्रा में पोस्टर पॉम्पलेट और बिल्ला जैसी प्रचार सामग्रियां भरी थीं यह प्रचार सामग्री चित्रकोट जगदलपुर और दंतेवाड़ा विधानसभा के लिए ले जायी जा रही थी प्रछताछ के दौरान वाहन चालक ने बताया कि यह सामग्री रायपुर के एक प्रिंटिग संस्थान से लाई जा रही है वाहन चालक ने मुद्रक और प्रकाशक का नाम वैध रूप में प्रस्तुत किया लेकिन संख्या के संबंध में संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया

उधर कांकेर जिले में चुनाव आयोग की टीम ने जांच के दौरान अंतागढ़ के पास कम्बलों से भरे एक ट्रक को पकड़ा है कम्बलों की कीमत लगभग आठ लाख रूपए बताई जा रही है

केन्द्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने आज जांजगीर चांपा जिले में आयोजित आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने पिछले पन्द्रह वर्षों में चौतरफा विकास किया है उन्होंने कहा कि सभी वर्गो को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाईं जिससे लोगों को काफी फायदा पहुंचा है वहीं स्मृति ईरानी रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में कमल दीवाली अभियान में शामिल हुई और कमल रंगोली में दीप भी जलाया भाजपा के प्रचार के लिए आए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने माओवादियों को क्रांतिकारी कहा है उन्हें माफी मांगनी चाहिए इधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी चुनाव प्रचार के लिए आज राजधानी रायपुर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री तिवारी ने केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर निशाना साधा उन्होंने आरोप लगाया कि घर का बजट हो या बाहर का सरकार ने सारे बजट बिगाड़ दिए हैं उन्होंने कहा कि आज रसोई गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है साथ ही पेट्रोल और डीजल के कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हई है

श्री तिवारी ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश की जनता को आधी कीमत पर पेट्रोल डीजल और रसोई गैस मिलेगी उधर बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने उम्मीद जताई है कि छत्तीसगढ़ सहित जिन पांच राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस की सरकार बनेगी माओवादी म्ठभेड़ छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मल्कानगिरी में बीती रात पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ मे पांच माओवादी मारे गए हैं इस मुठभेड़ में माओवादी नेता रणदेब के भी मारे जाने की खबर है पुलिस अधीक्षक जगमोहन मीणा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे मल्कानगिरी से सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इसी दौरान गांव भैजंगवाड़ा के जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की इस मुठभेड़ में पांच माओवादी मौके पर ही मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस ने घटनास्थल से दो इंसास एक एसएलआर एक बंदूक और एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया है इस बीच बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में माओवादियों द्वारा लगाए गए एक आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया मिली जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ का बम निरोधक दस्ता इस आईईडी को निष्क्रिय कर रहा था तभी अचानक विस्फोट हो जाने से एक सौ अड़सठवीं बटालियन का एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया घायल जवान का बासागुड़ा अस्तपाल में प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे हेलीकॉप्टर से रायपुर भेजा गया है वहीं इसी जिले के पेद्दापारा गंगालूर से बीती रात माओवादियों द्वारा दो ग्रामीणों का अपहरण किए जाने की खबर है धनतेरस छत्तीसगढ़ सहित देशभर में धनतेरस का त्यौहार आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस के साथ ही दीपावली महोत्सव की धूम शुरू हो जाती है मान्यता के अनुसार आज के दिन धन वृद्धि के लिए कबेर और स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है इस अवसर पर आज प्रदेशभर के बाजारों में खासी रौनक देखी जा रही है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न बाजारों में बर्तनों की दुकानें और सराफा बाजार में ग्राहकों की भारी भीड़ बनी हई है वहीं कपड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य दुकानों में भी अच्छा कारोबार होने की खबर है कल नरक चौदस है और परसों दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी है श्री मोदी ने टवीट में आशा व्यक्त की है कि यह विशिष्ट दिन समाज में शांति और समृद्धि लाएगा इधर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी राज्य की जनता को धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

इस दौरान आम नागरिक शाम पांच से रात आठ बजे तक राजभवन का भ्रमण कर सकेंगे

जुआरियों के पास से एक लाख बयासी हजार रुपए नगद और ताश की पत्ती जब्त की गई है